जिलाध्यक्षो ने बताया कि विभिन्न जिलों के कई लोग अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन आवास चिकित्सा तथा उन्हें राजस्थान में लाने की व्यवस्था की जाए श्री पायलट ने बताया कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की देखभाल के लिए समय समय पर राज्य सरकारों तथा प्रदेश कांप्रेस कमेटियों से सम्पर्क किया जा रहा है किसी भी प्रवासी को उसके वर्तमान प्रवास वाले राज्य में कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा

राज्य में आज अट्ठाइस और मरीज़ों में इस बीमारी का पता चला है

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में जयपुर के बाद सबसे ज्यादा मामले जोधपुर में मिले हैं

इधर प्रदेश की बात करें तो अभी तक एक सौ चौंसठ संक्रमित लोगों को कोरोना वायरस से मुक्ति मिल चुकी है इसमें से बयासी मरीज़ों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है इस बीच कोरोना वायरस का असर खत्म करने के लिए प्रशासन सभी प्रयास कर रहा है श्रीगंगानगर में जिला मुख्यालय पर विभिन्न चौराहों पर पेटिंग बनाकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है

ये दिशा निर्देश हैं सभी कार्य स्थानों पर आगंतुकों और कर्मियों के तापमान की जांच की व्यवस्था और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा प्रत्येक कार्य स्थल संपूर्ण सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट के दौरान एक घंटे का अंतराल सुनिश्चित करेंगे

लह्कडाउन के दूसरे चरण के लिए वित क्षेत्र में लागू किए जाने वाले दिशा निर्देश इस प्रकार होंगे भारतीय रिजर्व बैंक और आर बी आई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार और इकाईयां जैसे नेशनल पेमेंट कहरपोरेशन अहफ इंडिया क्लियरिंग कहरपोरेशन अहफ इंडिया लिमिटेड और भुगतान प्रणाली से जुड़े अहृपरेटर कार्य करते रहेंगे बैंकिंग शाखाएं एटीएम बैंकिंग संचालन से जुड़ी आई टी सेवाएं और नकदी प्रबंधन से संबंधित सेवाएं भी पूरी तरह चालू रहेंगी बैंक शाखाए सामान्य कामकाजी घंटों के अनुसार तब तक काम करेंगी जब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत दिया जाने वाले लाभ लाभार्थियों को दे नहीं दिया जाता स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे सामाजिक दूरी बनाये रखने से जुड़े मानदंड़ों और कानून व्यवस्था को बनाये रखते हुए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी बैंकिंग शाखाओं को उपलब्ध कराए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेवी द्वारा अतिरिक्त पूंजी और ऋण बाजार सेवाएं बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भी तहकडाउन के दौरान काम करते रहेंगे

केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं लहकडाउन अवधि में भी गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है संकट की घड़ी में विभिन्न जिलों में केंद्र सरकार की ओर से बैंकों में लाभार्थी के लिए राशि पहुंचायी गयी है जो सोशियल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए लाभार्थियों को दी जा रही है

इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निथि से राज्य के किसानों के खाते में एक इजार दो सौ करोड़ रूपए जमा कराए गए है इनसे लगभग साठ लाख किसानें को फायदा मिला है इनके खातों में दो दो इजार रूपए की पहली किश्त जमा हो गयी है भरतपुर के किसान मनोज कुमार ने बताया कि इस रकम से उनको काफी राहत मिली है

कृषि मंडी में आने जाने वाले हर वाहन को सैनेटाइज किया जा रहा है इससे किसानों को मंडी तक आने की जरूरत नहीं रहेगी और वे अपनी उपज आसानी से बेच सकेंगे

भरतपुर मे भी कृषि उपज मंडियों में आज किसान अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे

राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का मुख्य उदुदेश्य लॉकडाउन के मदुदेजन खरीफ खेती की तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना तथा कदम उठाना था श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुनिश्चित किया है कि इस संकट के दौरान गांवों गरीब और किसानों को नुकसान न हो

राज्यपाल ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में पुलिस ने सेवा भाव से कार्य करके कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस अवसर पर पुलिसकर्मियों को श्रुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारी लॉकडाउन के कठिन दौर में दिन रात काम कर रह हैं जो सराहनीय है इस मौके पर पुलिस महानिदेशक डॉ भ्रपेन्द्र सिंह ने भी अपने संदेश में लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए आगे भी ऐसे ही काम करती रहेगी प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी पुलिस दिवस लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया गया बूंदी जिले के नैनवा थाने में पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया भरतपुर रेंज के अपर महानिरीक्षक ने धौलपुर जिले में पहुंचकर पुलिस का उत्साहवर्द्धन किया उदयपुर में आईजी विनिता पाठक ने आकाशवाणी में एक संवाद कार्यक्रम में विभिन्न लोगों के सवालों के जवाब दिए करौली में भामाशाहों द्वारा पुलिसकर्मियों को तेज धूप से बचाने के लिए छाते वितरित किए गए झालावाड़ में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिसकर्मियों का अभिनंदन किया गया गौरतलब है कि आज राजस्थान पुलिस दिवस है

इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैलता है